प्रदेश के कई भागों में हल्की बारिश और बर्फबारी हुई

लोकसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज मतदान हुआ

इस बीच लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए पर्चे भरने का आज आखिरी दिन था

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरदार पटेल जैसे नेताओं की लगातार अवहेलना करने पर कांग्रेस पार्टी की कड़ी आलोचना की है

उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी र्क महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज बदायूं में रैली को सम्बोधित किया जहां तीसरे चरण में वोट डाले जाएंगे रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने नोटबंदी करके देश के गरीबों से पैसा छीन लिया पंचायत चुनाव लोकसभा चुनाव से निपटने के बाद अब राज्य में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं आज नई टिहरी में मुख्य विकास अधिकारी आशीष भट्टगाई की अध्यक्षता में चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की गई बैटक में खंड विकास अधिकारी उप जिलाअधिकारी और तहसीलदार स्तर के अधिकारी शामिल हुए

हरिद्वार को छोड़ राज्य के सभी जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल इस वर्ष जुलाई में खत्म हो रहा है इसे देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं एम्स ऋषिकेश केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने कहा है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश के विस्तारीकरण के लिए राज्य सरकार से प्रस्तावित भूमि जल्द दिलाने के प्रयास किए जाएंगे एम्स ऋषिकेश के दौरे पर पहंचीं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने संस्थान के विस्तारीकरण के लिए प्रस्तावित योजनाओं को मंजूरी देते हए इसके लिए पर्याप्त आर्थिक मदद देने की बात कही उन्होंने एम्स अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया इस दौरान आयोजित बैठक में स्वास्थ्य सचिव ने संस्थान की प्रगति की समीक्षा की साथ ही अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के विकास के लिए सुझाव दिए उन्होंने हास्पिटल इन्कॉर्मेशन सिस्टम को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया श्रीमती सूदन ने एम्स ऋषिकेश में रोगी कल्याण समिति का गठन करने को कहा ताकि अत्यधिक गरीब मरीजों की मदद की जा सके इस अवसर पर उन्होंने एम्स की इमारत के ब्लॉक ए बी और सी क्रिटिकल केयर कांप्लेक्स और मॉड्यूलर ओटी कॉम्लेक्स का लोकार्पण भी किया साथ ही उन्होंने ढाई सौ कमरों वाले गर्लुस हॉस्टल और इम्प्लाइज हेल्थ स्कीम कर्मचारी स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ भी किया बुरांश महोत्सव बागेश्वर जिले के कौसानी में पांचवां बुरांश महोत्सव शुरू हो गया है महोत्सव के आयोजकों ने बताया कि बुरांश महोत्सव उत्तराखंड की कला साहित्य और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला आयोजन है पांच दिन के महोत्सव में उत्तराखंड दर्शन फोटोग्राफी स्लाइड शो हेरिटेज वॉक बर्ड वॉचिंग लक्ष्मी आश्रम में अहिंसा और हम पर कार्यशाला रंगोली प्रतियोगिता चित्रकला प्रतियोगिता तारामंडल अवलोकन बागवानी और टी ट्ररिज्म के साथ ही कौसानी में पर्यटन विकास पर चर्चा होगी ग्राफीन और बायोफ्यूल अल्मोड़ा स्थित उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय ने नवाचार के तहत पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक पॉलीथिन और हानिकारक जंगली वनस्पतियों को क्लोज्ड लूप रिएक्टर में प्रक्रिया कर ग्राफीन और बायोफ्यूल का निर्माण किया है विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर होशियार सिंह धामी ने पत्रकारों को बताया कि ग्राफीन और बायोफ्यूल के अनुप्रयोगों में एल्कोहल सेंसर सोलर टाईल और रीचार्जेबल बैटरियों में परिवर्तनीय इलैक्ट्रोडो को पेटेंट कराने के लिए आवेदन किया है इनसे ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा उन्होंने बताया कि इस खोज का व्यावसायिक इस्तेमाल करने के लिए एक निजी कंपनी ने इस पेंटेट के ट्रायल लाइसेंस को लेने की इच्छा प्रकट की हैं कंपनी के साथ एमओयू पर साइन किया गया है क्लपति ने कहा कि विश्वविद्यालय ने अपने दो सालों के कार्यकाल में अब तक सात पेटेंट जमा कर दिए हैं बैठक उत्तरकाशी चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर उत्तरकाशी के जिलाधिकारी आशीष चौहान ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की

उन्होंने बताया कि सुगम यात्रा के लिए इस बार ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से लोगों के सुझाव भी मांगे गये हैं बुजुर्ग यात्रियों की सुविधा के लिए जिले के दोनों धामों में प्रांतीय रक्षक दल की तैनाती की जाएगी बैठक में जिलाधिकारी ने सड़क पानी बिजली आदि व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये गौरतलब है कि चारधाम के कपाट खुलने में लगभग तीन हफ्ते का समय बचा है यमुनोत्री के कपाट सात मई को अक्षय तृतीया के दिन खोले जाने हैं खराब मौसम के चलते यहां सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है पिछले वर्ष लगातार भूस्खलन के चलते यमुनोत्री मार्ग पर डबरकोट क्षेत्र में अब भी काफी मलबा जमा है जिसे हटाने के प्रयास किये जा रहे हैं मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज भी हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा देहरादून समेत कुछ क्षेत्रों में कल रात को भी बारिश हुई साथ ही गढ़वाल कुमाऊं के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में कहीं कहीं हिमपात की भी खबर है जिससे तापमान गिर गया है बारिश से जहां एक ओर मौसम सुहावना हो गया है वहीं दूसरी और किसान परेशान हैं बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को नुकसान होने की आशंका है बागेश्वर जिले के रवाईखाल क्षेत्र में तेज बारिश के कारण आये मलबे से दर्स नाली खेतों में तैयार गेहूं की फसल खराब हो गई है साथ ही आधा दर्जन घरों में मलबा घुस गया

सड़क निरीक्षण रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मंगेश धिल्डियाल ने पीएमजीएसवाई रूद्रप्रयाग द्वारा सणगू सारी मोटर मार्ग पर दैवीय आपदा से कराये जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया जिलाधिकारी ने पीएमजीएसवाई द्वारा कोठगी पुल छिनका पुल सारी पुल और विभिन्न स्थानों पर कराये जा रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और स्थानीय ग्रामीणों को मौके पर बुलाकर दैवीय आपदा के कार्यो की जानकारी ली जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियन्ता पीएमजीएसवाई को मोटर मार्ग पर विभिन्न स्थानों में दैवीय आपदा की मद से कराये जा रहे कार्यों का साइन बोर्ड लगाने के निर्देष दिए कम्प्यूटर प्रयोग सीबीएसई स्कूलों के दसवीं और बारहवीं के दिव्यांग छात्र परीक्षा हॉल में कम्प्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इसके लिए सीबीएसई की अनुमति लेनी पड़ेगी सीबीएसई ने सभी संबद्ध स्कूलों के लिए जारी सूचना में बताया कि दिव्यांग छात्रों को नये सत्र में नई छूटों का लाभ लेने के लिए डॉक्टरी प्रमाण पत्र की भी जरूरत होगी दिव्यांग छात्र छात्राएं केवल उसी कम्प्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें इंटरनेट कनेक्शन न हो कम्प्यूटर का इस्तेमाल केवल सवालों का जवाब देने के लिए ही किया जा सकता है विश्व विरासत दिवस आज विश्व विरासत दिवस पर सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इस वर्ष का विषय है ग्रामीण परिदृश्य हर वर्ष आज ही के दिन विश्व विरासत दिवस मनाने का उद्देश्य विरासत स्थलों के संरक्षण से जुड़े लोगों विशेषकर वैज्ञानिकों अभिलेखाकारों भूगोलवेत्ताओं और इंजीनियरों को सम्मान देना है